नववर्ष के पहले दिन आज वर्चुअल माध्यम से देश के छह राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिर्को चुनौती जीएचटीसी इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हए प्रधानमंत्री ने यह बात कही आज गरीबों के लिए मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं मैं मानता हूं ये छरू प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस प्रकाश स्तम्भ की तरह हैं ये छरू लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कन्सट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोपरेटिव फेडरिजन की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि जनकल्याण के लिए लाइट हाउस परियोजनाएं बेहतरीन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी और इनसे शहरी आवासीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं पर प्रत्येक नागरिक को गर्व होगा कि राष्ट्र हमारे विकास के पथ पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब नये उत्साह और अवसरों के साथ दो हजार इक्कीस में प्रवेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने दोहराया कि कोविड नाइन्टीन महामारी की वैश्विक चुनौती ने राष्ट्र को नवाचार और नई प्रौद्योगिकी अपनाने के अवसर दिए उन्होंने कहा कि आज शुरू की जा रही छह लाइट हाउस परियोजनाएं देश में आवास निर्माण क्षेत्र को नई दिशा दिखाएंगी प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने भवन निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया परियोजना शुरू की है इससे विकास के नये मार्ग खुलेंगे और इक्कीसवीं सदी में मकान बनाने के लिए किफायती प्रौद्योगिकी मिलेगी उन्होंने कहा कि हर किसी का सबसे बड़ा सपना यह होता है कि उसका अपना घर हो और केन्द्र सरकार शहरों में रह रहे गरीबों और मध्यम वर्ग की इन्हीं जरूरतों को समझते हुए मकानों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को मील का पत्थर बताया है इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल और आपदारोघी तकनीक पर आधारित आवासीय सुविवा के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा सके और विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट इस दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव वर्ष दो हजार इक्कीस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके मंगलमय रोगमुक्त एवं स्वस्थ जीवन की कामना की है अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि नव वर्ष सभी के लिये सुख समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो एक शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को देश का एक विकसित और अग्रणी राज्य बनाने के लिये गंभीरता से कार्य कर रही है श्री योगी ने राज्य के लोगों से नववर्ष का जश्न मनाते समय सुरक्षित दूरी और कोविड सम्बंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने देशवासियों को नववर्ष की श्भकामनाएं दी हैं उन्होंने सभी की संपन्नता खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढकर छानबे दशमलव शुन्य आठ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे में तेईस हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक अट्ठानबे लाख तिरासी हजार से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं इस समय लगभग दो लाख चौवन हजार रोगियों का उपचार चल रहा है पिछले चौबीस घटों में कोविड के बीस हजार छत्तीस नये रोगियों के सामने आने के साथ ही कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या एक करोड दो लाख से अधिक हो गई है देश में मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है प्रदेश में हुयी अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गयी और नौ लोग गम्मीर रूप से घायल हो गये उन्नाव जिले के औरास इलाके के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मैनीभावा गांव के पास आज बिहार के अररिया से दिल्ली की ओर जा रही डबल डेकर बस सड़क के किनारे खड़े कटेनर से टकरा गयी जिसमें पांच लोगों की मौत हो गयी और तीन लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये उधर इटावा जिले के उसराहार इलाकें में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज सबेरे कोहरे की वजह से लगभग एक दर्जन गाड़ियों के आपस में टकराने से तीन लोगों की मौत हो गयी और छः अन्य लोग गम्मीर रूप से घायल हो गये सभी घायलों को इलाज के लिये सैफई मेडिकल युनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया है